इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल वित्तमंत्री अरुण जेटली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गृहमंत्री राजनाथ सिंह और रक्षामंत्री निर्मला सीतारमन ने हिस्सा लिया सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कल जम्मू क्षेत्र के सांबा और रत्नुचुक में विभिन्न अग्रिम सैन्य स्थानों का दौरा किया और परिचालन तैनाती और तैयारियों की समीक्षा की मोदी दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल धार जिले के दौरे पर रहेंगे वे षासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मैदान पर सभा को संबोधित करेंगे साथ ही आयुष्मान भारत के हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे प्रधानमंत्री के दौरे और विजय संकल्प रैली को लेकर धार षहर झंडे पोस्टर बैनर से पट गया है वहीं जिला प्रषासन भी तैयारियों को अंतिम रुप देने में लगा है सभा स्थल पर तीन मंच बनाऐ जा रहे हैं एक से प्रधानमंत्री आमसभा को संबोधित करेंगे वहीं एक मंच पर आयुष्मान भारत के हितग्राहियों से चर्चा करेंगे एक अन्य मंच सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए बनाया गया है

कल नवी मुंबई के डी वाई पाटिल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में श्री जावड़ेकर ने कहा कि पिछले पांच वर्षों के दौरान शिक्षा से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है

एफएम ट्रांसमीटर आकाशवाणी केन्द्र ग्वालियर के एफ एम ट्रांसमीटर का लोकार्पण आज केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर करेंगे आकाशवाणी का यह एफएम ट्रांसमीटर नियमित रूप से विविध भारती के कार्यक्रमों को अनुप्रसारित करेगा ये प्रसारण एफएम बैण्ड एक सौ एक दशमलव आठ मेगा हटर्ज पर उपलब्ध रहेगा मंदिर पट़टा प्रदेश में शासकीय जमीन पर स्थित लगभग एक लाख मंदिरों को शीघ्र ही जमीन का पट्टा देने का प्रस्ताव केबिनेट की बैठक में लाया जायेगा अध्यात्म एवं जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कल आगर मालवा जिले के ग्राम नलखेड़ा में बगलामुखी माता मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में ये जानकारी दी

श्री षर्मा ने प्रभारी मंत्री और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह के साथ तीर्थ यात्री निवास और सेवा सदन का भूमि पूजन किया श्री शर्मा ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध बगलामुखी मंदिर का समग्र विकास राज्य सरकार करेगी उन्होंने कहा कि सुसनेर तहसील के बालाजी मंदिर का जीणोद्वार भी कराया जायेगा

राष्ट्रप्रेम और सांस्कृतिक एकता पर आधारित इस कार्यक्रम में पुलवामा के शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की गई इस अवसर पर स्थानीय कलाकारो ने देशभक्ति पर केन्द्रित गीतों की प्रस्तुति दी रीवा में सांस्कृतिक कार्यक्रम में गायकों ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीत गाये वहीं श्योपूर में स्थानीय कलाकारों ने देशभक्ति पर कार्यकम प्रस्तुत किये और लोगों ने मोमबत्ती जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी

शिव मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेशवासियों को श्भकामनायें दी है राजधानी भोपाल के बड़वाले महादेव लक्ष्मीनारायण मंदिर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर शिवपुरी के प्राचीन सिद्वेश्वर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में मंदिरन के पट तड़के तीन बजे खुल गये दोपहर में भोग लगाया जायेगा बाद में भगवान ओमकारेश्वर की पालकी निकाली जाएगी जो कोठी तीर्थघाट पहॅचेगी जहां पूजा अर्चना के बाद भगवान को नौका विहार कराया जायेगा और मंदिर में पालकी सम्पन्न होगी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी देश विदेश से श्रद्धालुओं के पहुंच रहे हैं राजधानी के समीप स्थित भोजप्र शिवमंदिर के प्रांगण में महाशिवरात्रि के मौके पर सुबह से ही संगीतमय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया है जो देर रात तक चलेगा इन्दौर के विभिन्न शिव मंदिरों में विशेष साज सज्जा और पूजा अर्चना की जा रही है महिला सम्मेलन विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि महिलाओं के सशक्त होने पर न केवल परिवार सशक्त होता है बल्कि राज्य और देश भी सशक्त होगा श्री शर्मा कल विज्ञान एवं तकनीकी परिषद् के दो दिवसीय महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे सम्मेलन में युवा वैज्ञानिकों को प्रस्कृत किया गया

वहीं अखिल भारतीय मलयाली एसोसिएशन एमपी चैप्टर द्वारा भोपाल में पहली बार कल अखिल भारतीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया

संस्कृति और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ विजय लक्ष्मी साधौ भी सम्मेलन में शामिल हुई सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिला सशक्तिकरण महिला स्वास्थ्य महिला सुरक्षा और आत्म रक्षा बाल शोषण जल संरक्षण और स्वच्छ भारत स्व सहायता समूह जैसे विषयों पर चर्चा की गई अशंकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाडी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं हॉकी मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी ग्वालियर ने अखिल भारतीय आमंत्रण महिला हॉकी टूर्नामेंट में रजत पदक हासिल किया है

खेलमंत्री जीतू पटवारी और खेल संचालक एसएल थाउसेन ने टीम को बधाई दी है

जिसमें प्रभारी मंत्री उमंग सिंघार और पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने भाग लिया